प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विश्व भारती का संदेश पूरी द्निया में फैला रहा है उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पेरिस समझौते के तहत निर्धारित पर्योवरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि भक्ति का विषय तबतक आगे नहीं बढ़ नहीं सकता जबतक महान कालीभक्त श्री रामकृष्ण परमहंस की चर्चा न हो श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की नींव बहुत पहले ही रखी गयी थी

इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त कल वर्चुअल माध्यम से जारी करेंगे

प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे ये किसान पीएम किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अनुभव बताएंगे इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को छह छह हजार रुपये दो दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद द्वारा बनाए गए तीन प्रगतिशील कृषि कानून देश में सुशासन के महत्वपूर्ण बेंचमार्क हैं

श्री तोमर ने कहा कि कान्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानो को भी लाभ होगा जो अब अपनी उपज पूर्व निर्धारित और नियत मूल्यों पर बेच सकेंगे कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार देश में किसानों का विकास सुनिश्चित करने के लिए तीव्रगति से काम कर रही है उन्होंने कहा कि निजी निवेश कृषि सहित किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने कृषि आधारति ढांचे के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं इससे देश के दूर दराज के भागों में भी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां लगाने में मदद मिलेगी राज्य सरकार ने कल तिरसठ प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की

वहीं झारखंड फसल राहत योजना के अंतर्गत एक सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी इस योजना के माध्यम से वैसे किसानों को राहत दी जायेगी जिनकी फसल आपदा के कारण बर्बाद होती है या किसी अन्य कारण से नुकसान उठाना पड़ता है

खूंटी जिले में धान अधिप्राप्ति का काम आरंभ कर दिया गया है जिले में पंद्रह सौ किसानों का धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य लैंपस के माध्यम से निर्धारित किया गया है किसानों के मोबाइल में धान अधिप्राप्ति को लेकर एसएमएस मिलने लगे हैं मैसेज मिलने के बाद किसान एक एक कर धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान लेकर पहुंचने लगे हैं धान में नमी की जांच के लिए एक मशीन भी उपलब्ध करायी गयी है लैंपस संचालक कर्मियों के मुताबिक वर्तमान में मापक यंत्र के मुताबिक धान में नमी समाप्त हो चुकी है ऐसे में किसानों को धान क्रय का पूरा पैसा एक हजार आठ सौ अड़सठ रूपये प्रति क्विंटल और एक सौ बिरासी रूपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा

इस संबंध में मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है मास्टर डिग्री और एम फिल की डिग्री के लिए छात्रवृति दी जायेगी दो वर्ष के अनुभवी छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी

एसटी होने का साक्ष्य और आय प्रमाण पत्र देना होगा

झारखंड में कोरोना के नये मरीजों का मिलना जारी है

जिसमें अब एक हजार छह सौ तैंतीस सक्रिय मामले हैं

देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दो दिवसीय दौरे पर साहिबगंज जा रहे हैं वे जिले के बरहेट में भाजपा अनुसूचित जनजांति मोर्चा के सम्मेलन में शामिल होंगे उनके कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर तैयारी पूरी की गई है बाबूलाल मरांडी संगठन को मजबूत बनाने को लेकर भाजपा में शामिल होने व प्रतिपक्ष का नेता बनने के बाद पहली बार साहिबगंज आ रहे हैं पाकुड जिले में पत्थर बालू और कोयला का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है

पहली घटना जिले के गांवा थाना क्षेत्र के गांवा बासोडीह मेन रोड में घटी जहां एक युवक की मौत हो गयी इसके बाद ग्रामीणों ने मेन रोड को जाम कर दिया ग्रामीण पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर अडे थे इस दौरान थाना प्रभारी ने नियमों के तहत जब मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया जिसके बाद सड़क जाम हटा इधर मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह अकदोनी के समीप सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की इलाज के कम में मौत हो गयी पूर्वी सिंहभूम जिले के पीपला पंचायत के बेको गांव में निशांत कुमार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत अपना र्डयरी फॉर्मे शुरू किया है

उन्होंने बताया कि शहर में शुद्ध दूध दही लस्सी और पनीर आदि उपलब्ध कराएंगे चतरा में उपायुक्त दिव्यांशु झा के निर्देश पर बढ़ते ठंड को देखते हुए प्रशासन जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है प्रखंड विकास पदाधिकारी हारून रशीद ने कहा है कि आम लोगों को ठंड से बचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है लोगों ने जहां प्रशासन के प्रति आभार जताया है वही नगर पालिका द्वारा ठंड से बचाव को ले चलाए जा रहे अभियान में बरती जा रहे सुस्ती पर गहरी नाराजगी व्यक्त किया है नये साल के मौके पर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने जिले के पिकनिक स्पॉट धार्मिक स्थानों पार्क फॉल डैम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है इधर राजधानी रांची के सभी पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सभी पिकनिक स्पॉट पर पर्याप्त संख्या में स्टैटिक्स फोर्स प्रतिनियुक्त किया गया है दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है सभी थानेदारों को पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गये हैं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी वहीं एसएसपी ने आम लोगों से खुद से चुने हुए पिकनिक स्पॉट और सुनसान जगह पर जाने से बचने की अपील की है धनबाद से खुलने वाली धनबाद एल्लेपी एक्सप्रेस ट्रेन को एक जनवरी से चलाने की मंजूरी रेलवे बोर्ड की ओर से मिल गयी है

पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया

उन्होंने कहा कि किसी भी लिंक को क्लिक न करें या ऐसे किसी मैसेज पर भरोसा न करें जो पार्ट टाइम नौकरी या लोन का झांसा देने वाला हो उन्होंने कहा है कि निजी जानकारी चुराने और पैसे ठगने का यह नया तरीका अपनाया जा रहा है